चन्द्रयान दू ने आज तडके पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चन्द्रमा की दिशा में सफर किया शुरू भाजपा ने प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के उप चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे जिलों में भूमिगत जल का सर्वेक्षण करना बहत जरूरी है आकाशवाणी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मूमिगत जल के सर्वेक्षण से उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है जहां से पानी का अंधाधुंध दोहन किया गया है

उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार न्यायालय गठित करने के बारे में कोई जवाब न देने पर सात राज्यों पर एक लाख रुपये तक का जर्माना लगाया है न्यायालय ने राजस्थान और उत्तराखंड पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

चन्द्रयान दू ने आज तडके तीन बजकर तीस मिनट पर पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चेन्द्रमा की दिशा में अपना सफर शुरू कर दिया है

दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्षमा स्वराज की स्मृति में कल नई दिल्ली में शोक सभा आयोजित की गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सुषमा स्वराज अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थीं उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज कभी भी किसी भी चुनौती से घबराई नहीं

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति पुलिस पदक से जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह भाटी पुलिस मुख्यालय में कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर दयाल स्वामी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर के हैड कांस्टेबल रेवंताराम को सम्मानित किया जायेगा उधर प्रदेशभर में स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियो को अंतिम रूप दिया जा रहा है सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये है वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी जयपुर में सभी सरकारी इमारतों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल संसद भवन परिसर में झिलमिलाने वाली सजावटी प्रकाश व्यवस्था का उद्घाटन किया

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशमक्ति गीत वतन जारी किया यह विशेष गीत दूरदर्शन ने तैयार किया है

इसमें सशस्त्र बलों की वीरता और देश के शहीदों को श्रद्वांजलि भी दी गई है प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर द्रदर्शन और प्रसार भारती को इस गीत को तैयार करने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये गीत लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा

भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश से राज्य सभा की एक सीट के उप चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है इससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है श्री सिंह ने कल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जयपुर में नामांकन पत्र दाखिल किया था विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया ने कल रात बताया कि पार्टी इस सीट के उप चुनाव के लिये अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी एजेंसी के अनुसार पार्टी आलाकमान ने अपने इस फैसले को प्रदेश न्रेतत्व से अवगत करा दिया है

इस दिन मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा

वहीं दूसरी और पुलिस ने उपद्रव फैलाने में मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है प्रदेश में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर खरीददारी चरम पर है गली मोहल्लों में राखियों से सजी दुकानों पर सुबह से लेकर रात तक महिलाओं की भीड़ बनी रहती है

राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस और विद्वत सम्मान समारोह आज जयपूर में आयोजित किया जायेगा समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और इसकी सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वानों को सम्मानित करेंगे समारोह के संयोजक और महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रो भास्कर शर्मा ने बताया कि संस्कृत भाषा के एक विद्वान को संस्कृत साधना शिखर सम्मान प्रदान किया जाएगा इसमें एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि के अलावा शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान देने वाले दो भामाशाहों का भी सम्मान किया जायेगा

तब पुरूष श्रेणी में मैच हुए थे

प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है इसके चलते जयपुर दौसा झालावाड सवाईमाघोपुर में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है दौसा में कल शाम एक घंटे तक मूसलाधार बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया झालावाड और सवाईमाघोपुर में आज सुबह से ही रूक रूक कर बारिश का दौर बना हुआ है